प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान में तेजी से हो रही है व्रद्धि

पैंसठ हजार से अधिक छात्रों ने परीक्षा में पायी सफलता चुनाव आयोग की टीम लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आज भागलपुर आ रही है इस टीम का नेतृत्व आयोग के उपचुनाव आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार करेंगे आयोग की टीम भागलपुर में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों की समीक्षा करेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि समीक्षा बैठक के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावा वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे उपनिर्वाचन आयुक्त आज नवादा में भी चूनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के तहत अब तक तीन करोड़ इक्कीस लाख राशि की वसूली की गयी यह राशि वाहन चेकिंग के दौरान वसूली गयी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि विधि व्यवस्था को लेकर अब तक छह सौ पन्द्रह अवैध अस्त्र शस्त्र और दो हजार नौ सौ उन्नीस कारतूस बरामद किये गये हैं लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिये अब तक पंद्रह नामांकन भरे गये हैं पहले चरण के लिये नामांकन पच्चीस मार्च तक जबकि दूसरे चरण के लिये छब्बीस मार्च तक भरे जा सकते हैं विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है एनडीए के घटक दल भाजपा जदयू और लोजपा अपने अपने उम्मीदवारों की सूची आज जारी करेंगे पटना में आयोजित संयुक्त बैठक के दौरान एनडीए के घटक दल के सभी नेता उपस्थित रहेंगे गौरतलब है कि लोकसभा की चालीस सीटों के लिए भाजपा और जदयू सत्रह सत्रह जबकि लोजपा छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पूर्णियां के रंगभूमि मैदान में रैली को संबोधित करेंगे इस रैली में बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार चुनाव अभियान कमिटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहेंगे महागठबंधन में समाजवादी पार्टी की भागीदारी नहीं मिलने से नाराज सपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है श्री यादव ने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया है बिहार के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए बीएड परीक्षा सीईटी का परिणाम घोषित कर दिया गया है इस परीक्षा में पैंतीस हजार आठ सौ बयासी छात्र और उनतीस हजार पांच सौ तिरसठ छात्राएं सफल हुये हैं पुरूष वर्ग में औरंगाबाद के साकेत और बेगूसराय के आदर्श ने बानवे अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि छात्रा वर्ग में पटना की चांदनी नब्बे अंक लेकर पहले स्थान पर है वहीं दूसरी ओर राज्य में बैचलर्स ऑफ एजुकेशन बीएड कोर्स संचालित करने वाले अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी कॉमन इंट्रेन्स टेस्ट सीईटी पास अभ्यर्थी ही दाखिला ले पायेंगे इस संबंध में राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया है प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि तेज पछ्आ हवा चलने के कारण अगले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में व्रद्धि की सम्भावना है पटना का अधिकतम तापमान छत्तीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है जबकि भागलपुर का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव नौ और गया का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन ई पी एफ ओ ने अपने अंशदाताओं के बारे में जारी ताजा आंकड़ों में कहा है कि इस वर्ष जनवरी में औपचारिक क्षेत्र में शुद्ध रोजगार सृजन आठ लाख छियानवे हजार हुआ जो सत्रह महीनों में सबसे अधिक है इसके अलावा ई पी एफ ओ में पिछले वर्ष जनवरी के तीन लाख सत्तासी हजार अंशदाताओं की तुलना में इस वर्ष जनवरी में अंशदाताओं की संख्या एक सौ इकतीस प्रतिशत अधिक थी राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्नीस सौ इकतीस में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में लाहौर में इन्हें फांसी दे दी थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इन महान शहीदों का बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा बिहार दिवस के अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है बिहार दिवस को यादगार बनाने के लिए विभिन्न जिला मुख्यालयों में निबंध पेंटिंग और वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से बिहार के महान सप्रतों के योगदान की लोगों को जानकारी दी जा रही है वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली में इस अवसर पर हस्तकला ओर हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है ललित कला अकादमी ने साठवीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पन्द्रह विजेताओं की घोषणा की है विजेताओं में बिहार की तबस्सुम खान भी शामिल हैं अकादमी की ओर से पुरस्कार विजेताओं को एक एक लाख रुपये की राशि एक शॉल और एक फलक प्रदान किया जाएगा होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि बरौनी से नई दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के लिए आज और कल विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के धनपुरा और परिहालपुर के बीच अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार कर हत्या कर दी सहरसा में दंत चिकित्सक के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले के सभी निजी चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं गौरतलब है कि उन्नीस मार्च को अपराधियों ने चिकित्सक की हत्या कर दी थी स्पेशल टॉस्क फोर्स ने कुख्यात पचास हजार रूपये का इनामी अपराधी खुर्शीद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी आरा का रहने वाला है सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में तीस मार्च से दो दिवसीय बिहार राज्य मिनी हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जायेगा इस चैंपियनशिप में भाग लेने की अंतिम तिथि सत्ताईस मार्च निर्धारित की गयी है बिहार हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम का चयन किया जायेगा इधर जयपुर में चौबीस से अठाईस मार्च तक आयोजित होने वाली बावनवीं राष्ट्रीय सीनियर खो खो प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है राजद बीस और कांग्रेस नौ सीटों पर लड़ेगी रालोसप को पांच हम और वीआईपी को तीन तीन सीटें मिली शरद को दो सीटें राजद सिंबल पर माले को राजद से एक सीट प्रभात खबर लिखता है महागठबंधन में सीटों का ऐलान निखिल का पत्ता साफ औरंगाबाद की सीट हम को दैनिक भास्कर की सुर्खी है महागठबंधन में बंटीं सीटें राजग भी आज घोषित करेगा प्रत्याशी पिछले कई दिनों से नियंत्रण रेखा पर की जा रही भारी गोलीबारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये दैनिक जागरण ने लिखा है भारतीय कार्रवाई में पाक के दो अफसरों समेत बारह ढेर राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर में पिछले चौबीस घंटों में अलग अलग मूठभेड़ों में छह आतंकवादियों के मारे जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है आज अखबार लिखता है वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे नरेन्द्र मोदी क्रिकेटर गौतम गम्भीर ने थामा भाजपा का दामन

प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान में तेजी से हो रही है वृद्धि

पैंसठ हजार से अधिक छात्रों ने परीक्षा में पायी सफलता